यह बैठक कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ने को देखते हुए बुलाई गई है प्रधानमंत्री इस वर्चअुल बैठक में टीकाकरण अभियान पर चर्चा करेंगे इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कल रायपुर में बैठक आयोजित की गई इस बैठक में विभिन्न मंत्रियों ने कोविड इलाज प्रबंधन के संबंध में अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए वहीं समाज प्रमुखों के साथ हई बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी समाज प्रमुखों से कोविड सेंटर के लिए समाज के भवन राशि आवश्यक उपकरण और राशन उपलब्ध कराने की अपील की जिस पर समाज प्रमुखों ने हरसंभव मदद की बात कही श्री बघेल ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए टीकाकरण कराने पर भी जोर दिया है इस बीच रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने बताया कि कोरोना के प्रभावी रोकथाम के लिए जिले में बारह नये कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं जिनमें सात सौ साठ ऑक्सीजन युक्त तथा करीब दो हजार सात सौ तीस बेड होंगे वहीं छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में कोविड नाइंटीन मरीजों के लिए आईसीयू बेड को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है इसके साथ ही ऑक्सीजन वाले बेड की संख्या को भी चरणबद्व तरीके से बढ़ाकर गंभीर रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने वरिष्ठ चिकित्सकों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में बताया कि मरीजों को अतिरिक्त बेड की सुविधा देने पर जोर दिया जा रहा है इस बीच सरगुजा में जिला प्रशासन द्वारा ॅनिर्णय लिया गया है कि कोरोना मरीजों के उपचार का खर्च आयुष्मान योजना के तहत वहन किया जाएगा यह जानकारी कलेक्टर संजीव झा ने दी है

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड को हराने के लिए टीकाकरण जैसे ही कुछ उपाय उपलब्य हैं उन्होंने पात्र लोगों से जल्द से जल्द टीका लगाने का अनुरोघ किया प्रधानमंत्री ने लोगों से कोविन डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीकरण कराने की भी अपील की वहीं देश में अब तक नौ करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं पिछले चौबीस घंटों में लगभग तीस लाख टीके लगाये गये इधर छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण अभियान जोरशोर से जारी है कल एक लाख अड़तीस हजार से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया अब तक प्रदेश में करीब चौंतीस लाख छत्तीस हजार से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है वहीं पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के पच्चीस लाख से अधिक लोगों को पहली डोज दी गई है इधर दुर्ग जिले में एक्टिव सर्विलेंस दलों के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से लोगों को कोरोना का टीका लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप और आदिवासी समाज के प्रमुखों ने भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीका लगाने की अपील लोगों से की है इस बीच पद्यश्री से सम्मानित समाज सेविका फूलबासन बाई यादव ने सभी लोगों से कोरोना का टीका लगवाने की अपील की है

राजनांदगांव और बेमेतरा जिले में दस अप्रैल शाम छह बजे से उन्नीस अप्रैल सुबह छह बजे तक लॉकडाउन रहेगा वहीं रायपुर जिले में कल नौ अप्रैल शाम छह बजे से संपूर्ण लॉकडाउन शुरू हो जाएगा जो उन्नीस अप्रैल सुबह छह बजे तक जारी रहेगा रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जिले की सभी सीमाए सील रहेंगी समी सब्जी और किराना दुकाने बंद रहेंगी वहीं इन प्रतिबंधों से पेट्रोल पम्पों दवा दुकानों और रसोई गैस एजेंसी को छट रहेगी घर घर जाकर दध बांटने वाले विक्रेता और न्यज पेपर हॉकर सुबह छह से आठ बजे तक और शाम को पांच से साढे छह बजे के बीच अपना काम कर पाएंगे कलेक्टर ने बताया कि जिले में प्रवेश केवल ई पास के जरिये मिल पाएगा जिले में समी शासकीय और निजी कार्यालयों के साथ ही बैंक भी बंद रहेंगे इस बीच कोरबा में भी जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अब दोपहर तीन बजे के बाद दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी मंदिरों में भी प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है

ये दल रायपुर नगर निगम बीरगांव और सभी तहसीलों में लोगों को खदरा मुल्य पर आवश्यक वस्तओं की आपूर्ति करने की निगरानी करेंगे कलेक्टर ने व्यापारियों से अनुरोध किया है कि वे ओवर रेटिंग जैसे कार्यों से बचें उन्होंने कहा है कि समी नौ टीमें आकस्मिक निरीक्षण करेंगी और कालाबाजारी के मामलों पर कार्रवाई की जाएगी इधर राजनांदगांव जिले में लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी वहीं कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दंतेवाडा जिले के नकलनार में शनिवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है उधर गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर में व्यापारियों ने नौ अप्रैल से तीन दिनों के लिए दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है इस निर्णय की जानकारी उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को दी इस बीच बिलासपुर जिले में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के नेतृत्व में भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें कोरोना संक्रमण रोकने में पार्टी की ओर से सहयोग की बात कही

माओवादियों ने पांच दिनों से अगवा इस जवान को समाज सेवी धरमपाल सैनी और आदिवासी नेता तेलम बोरैया को जंगलों में सौंपा है ये दोनों मध्यस्थ जवान को एम्बूलेंस में लेकर थोड़ी देर पहले ही बासागुड़ा थाने में पहुंचे हैं गौरतलब है कि र्तीन अप्रैल के बीजापुर जिले के तर्रेम के जंगलों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मन्हास को माओवादियों ने अगवा कर लिया था माओवादियों ने उन्हें पांच दिनों तक अपने कब्जे में रखा था राकेश्वर सिंह जम्मू के रहने वाले हैं जवान के परिजनों ने उन्हें छोड़ने की अपील माओवादियों से की थी रिहाई के बाद जवान बासागुड़ा थाना पहंचा गौरतलब है कि तर्रैम में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के तेईस जवान शहीद हो गए थे वहीं इकतीस अन्य जवान घायल हुए थे इस बीच दंतेवाड़ा जिले के बर्चेली थाना क्षेत्र में माओवादियों ने रेलवे यार्ड में खड़ी एक पोकलेन और दो मोटर साइकिलों में आग लगा दी है पीआईबी वेबिनार सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय और प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय द्वारा आज रायपुर में कोरोना संक्रमण और टीकाकरण विषयक जागरूकता पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया इसमें विमाग के फील्ड अधिकारियों के अलावा नेहरू युवा केन्द्र तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक लोक कलाकार और छात्र छात्राएं शामिल हए वेबिनार को संबोधित करते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर काफी घातक और स्थिति भयावह है उन्होंने कहा कि लोगो को लापरवाही से बचना चाहिए डॉक्टर संदरानी ने कहा कि कोरोना के लक्षण प्रकट होने पर लोगो को तरंत जांच करानी चाहिए उन्होंने टीकाकरण कराने पर भी जोर दिया वेबिनार में जनसंपर्क विभाग के संयुक्त संचालक और कोविड मीडिया समन्वयक हर्षा पौराणिक ने कहा कि टीकाकरण के बाद भी कोविड नियमों का पालन करना जरूरी है वेबिनार में पीआईबी के सहायक निदेशक सुनील तिवारी और लोक संपर्क कार्यालय के कार्यालय प्रमुख शैलेष फाये भी शामिल हुए परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विद्यार्थियों का आहवान किया है कि उन्हें परीक्षा से डरना नहीं चाहिए बल्कि इसे उत्सव की तरह लेना चाहिए कल परीक्षा पे चर्चा के पहले वर्चुअल संवाद में उन्होंने विद्यार्थियों अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की श्री मोदी ने तनाव और चिंता से मुक्ति के मंत्र भी साझा किये उन्होंने अभिमावकों से कहा कि वे बच्चों पर दबाव न बनाए और उन्हें परीक्षा का आनंद लेने दें श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि विद्यार्थियों और अभिमावकों को परीक्षा को जीवन का आखिरी पड़ाव नहीं मानना चाहिए बल्कि हमेशा अगले प्रयास में बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए मैं पेरेन्ट्स से कहना चाहता हूं हम आवश्यकता से अधिक ओवर कान्शियस हो जाते है हम थोड़े ज्यादा ही सोचने लग जाते है ये कोई आखिरी मुकाम नहीं है ये जिन्दगी बहत लंबी है बहृत पड़ाव आते है एक छोटा सा पड़ाव है हमें दवाब नहीं बनाना चाहिए टीचर हो स्टूडेंट हो ॅपरिवार जन हो यार दोस्त हो अगर बाहर का दवाब कम हो गया खत्म हो गया तो एक्जाम को दवाब कभी महसूस नहीं होगा

प्रधानमंत्री ने शिक्षकों से कहा कि समय के प्रबंध के बारे में वे बच्चों का मार्गदर्शन करें उन्होंने सुझाव दिया कि विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय के अनुसार उस पर ध्यान देना और अपनी ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए

राजनांदगांव में शाम को तेज हवा और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई कुछ स्थानों पर ओले गिरने की भी खबर है प्रदेश के रायपुर सरगुजा और बस्तर संभागों में तापमान सामान्य से अधिक तथा शेष संभागों में सामान्य रहा रायपुर स्थित मौसम विभाग के वैज्ञानिक एच पी चन्द्रा ने बताया कि अगले चौबीस घंटो के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है